स्रक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए इनसे कोविड मरीजों के उपचार के लिए जरूरी चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट स्नात कोत्तर परीक्षा चार महीने तक स्थगित करने का फैसला किया गया इस निर्णय से कोविड ड्यूटी के लिए प्रशिक्षित डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी

परीक्षा की तिथि घोषित किए जाने के बाद विद्यार्थियों को तैयारी के लिए कम से कम एक महीना दिया जाएगा एम बी बी एस अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की सेवाओं का उपयोग फोन पर परामर्श और संक्रमण के हलके लक्षणों वाले मरीजों की निगरानी जैसी सेवाओं के लिए किया जाएगा

राजधानी क्षेत्र में कोविड के बढ़ते मामलों पर संवाददाताओं दवारा पुछे गए सवाल के जवाब में श्री लिवांग ने कहा कि क्षेत्र में हर दिन कोविड के मामलों का बढ़ना चिंता की बात है उन्होंने कहा कि बहत से लोगों दवारा एक ओ पी का पालन नहीं करने और व्यवसायिक गतिविधियां सामान्य दिनों की तरह चलने से स्थिति बिगड़ रही है उन्होंने कहा कि ईटानगर राजधानी क्षेत्र में अब रात को नौ बजे की जगह छह बजे से नाईट कर्फ्य् लगेगा स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में पैतालीस वर्ष से अधिक आय् के सभी लोगों के टीकाकरण के लिए पर्याप्त कोविड वैक्सीन है उन्होंने कहा कि कार्यालयों में कर्मचारियों और विजिटर्स की संख्या नियंत्रित करने के अलावा जीम और पार्क की भी निगरानी की जाएगी

इस अवसर पर विधायक चाकत अबोह जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ एन लोवांग जिला पंचायत सदस्य जामवांग लोवांग सहित कई अधिकारी मौजूद थे

राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर एक हजार पांच सौ छत्तीस हो गई है और रिकवरी दर घटकर इक्यानबे दशमलव पांच नौ प्रतिशत रह गई है पिछले चौबीस घंटे में राज्यभर से कोविड जांच के लिए तीन हजार सात सौ सैतालीस सैंपल एकत्र किए गए प्रदेश में कोरोना के आए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से सबसे अधिक अद्वासी लोअर दिबांग वैली से बाईस वेस्ट कामेंग से बीस ईस्ट सियांग से सत्रह लोअर स्बनसिरी से तेरह पाप्मपारे से ग्यारह लोहित से नौ चांगलांग से सात तिराप और अंजाव से छह छह नामसाई से पांच लेपारादा से चार अपर सियांग ईस्ट कामेंग और तवांग से तीन तीन वेस्ट सियांग से दो और लोंगडिंग से एक मामला शामिल है जबकि स्वस्थ हए रोगियों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से सैतीस लोअर दिबांग वैली से पंद्रह ईस्ट सियांग से नौ तिराप से छह चांगलांग और पाप्मपारे से पांच पांच लोहित से तीन लोअर स्बनसिरी और वेस्ट कामेंग से दो दो वेस्ट सियांग दिबांग वैली नामसाई तवांग और अपए स्बनसिरी जिले से एक एक रोगी शामिल है स्वास्थ्य निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनूसार ईटानगर के चिंपू में स्थित डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में बयालीस पाप्मपारे जिले के डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर मिदप् में सत्रह डेडिकेटेड कोविड अस्पताल पासीघाट में तैतीस और डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर्स में चार सौ बासठ बेड्स उपलब्ध हैं

उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने संस्थाओं के प्रम्खों को लिखे पत्र में ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित करने को कहा है ऑनलाइन परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अन्सार जारी रहेंगी पत्र में यह भी कहा गया है कि जून के प्रथम सप्ताह में इस निर्णय की समीक्षा की जाएगी